शनिवार से शुरू हो रहा स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रधानमंत्री ने लोगों से इसमें सकिय योगदान देने की अपील की गणेश चतुर्थी आज जगह जगह विराजेंगी गणेश प्रतिमाएं मोदी इन्दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफ़्ट़ीन से मिलने आ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी यहां सैफ़ी नगर की मस्जिद में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मिलेंगे

राज्य के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह तथा प्रलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने संबधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिये

चुनाव प्रशिक्षण प्रदेश में आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया है कल प्रदेश के सभी जिला पंचायत पदाधिकारियों ओर स्वीप कॉर्डिनेटर का विशेष प्रशिक्षण भोपाल के प्रशासन अकादमी में होगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में कहा कि ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध करवाये जायेंगे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है

श्री चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश की मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ रतलाम मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी दिया जायेगा मेट्रो रेल केन्द्र सरकार ने भोपाल इन्दौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है इस परियोजना को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के परियोजना निवेशक मंडल ने रिकार्ड समय में अपनी स्वीकृति दी है इससे अब परियोजना का काम शीघ्र शुरू हो सकेगा नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तत्परता के कारण ही इस परियोजना को जल्द मंजूरी मिल सकी यह परियोजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उत्कृष्ट उपलब्धि के रूप में दर्ज होगी तहसील देवास जिले में भौंरासा को नई तहसील बनाया जाएगा राजस्व विभाग ने इसकी सूचना जारी की है

आपत्तियां और सुझाव प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं

श्री मोदी ने अपने टवीट संदेशों में कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के स्वच्छता के स्वप्न को साकार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सकिय सभी लोगों के योगदान की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि शनिवार सुबह सभी एकजुट होकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे गणेश चतुर्थी आज गणेश चतुर्थी है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्योहार हमें राष्ट्रीय और सामाजिक एकता का संदेश देता है वहीं मुख्यमंत्री ने श्रभकामना संदेश में कहा कि बुद्धि और समृद्धि के आराध्य देव भगवान श्री गर्णेश जीवन में श्रेष्ठ और सुजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं

डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारियों की कल बैठक हुई

कलेक्टर ने खण्डवा ब्लॉक के निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा की